मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोली जाएगी जो गुणवत्ता और रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी

इस सर्वेक्षण के मुताबिक उत्तराखंड की विकास दर में वृद्वि दर्ज की गई है राज्य में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय में भी इजाफा हुआ है

इससे पहले विधानसभा में संसदीय कार्य वित्त एवं गन्ना मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि प्रदेश सरकार गन्ना किसानों की समस्या को लेकर पूरी तरह गंभीर है और गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं

इसके भुगतान के लिए भी सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं

इस तरह प्रश्नकाल नहीं हो पाया

इसके बाद विपक्ष की गैरमौजूदगी में सदन की कार्यवाही शुरू हुई आज सदन में दो विधेयक पारित हुए

भोजनावकाश के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई विधानसभा अध्यभक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार जिले में जहरीली शराब से मौतों के मामले में विधायक खजानदास के नेतृत्वव में विधानसभा की सात सदस्यीय समिति गठित कर दी यह समिति मौजूदा बजट सत्र समाप्त होने से पहले सदन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी

स्लग हड़ताल सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा अपनायी जा रही हड़ताल की प्रवृति पर चिन्ता जताई है उन्होंने कहा कि हड़ताल किसी भी समस्या का समाधान नहीं है इससे कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि आम जनता और प्रदेश को भी नुकसान होता है मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिये बातचीत के लिये आगे आना चाहिए उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों के समाधान के लिये राज्य सरकार संवेदनशील रहती है मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड हड़ताली प्रदेश न बने इस दिशा में कर्मचारियों और संगठनों को भी सकारात्मक सोच अपनाकर सरकार का सहयोग करना चाहिए स्लग प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव को सुव्यवस्थित ढंग से कराने के लिए निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है

गढ़वाल मण्डल के अधिकारियों को देहरादून और कुमाऊं मण्डल के अधिकारियों को रुद्रपुर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर विभिन्न विषयों की जानकारी दे रहे हैं जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी की भूमिका मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण पोलिंग बूथ प्लान निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नामांकन के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता और अयोग्यता के मानक नामांकन पत्रों की सुरक्षा आदि के बारे में अधिकारियों को विस्तार से बताया जा रहा है स्लग सी विजिल ऐप आगामी लोकसभा चुनाव में सी विजिल एप की सहायता से कोई भी नागरिक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत आसानी से कर सकेगा सी विजिल एप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया है जब लोकसभा चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू होगी तब इस एप को सक्रिय कर दिया जाएगा इसमें कोई भी नागरिक आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत कुछ ही मिनटों में कर सकेगा यह शिकायतकर्ता की पहचान को भी गुप्त रखता है

यह एप सभी एंड्रायड स्मार्ट फोन के अनुकूल है और इसका इस्तेमाल बहुत ही सरल भी है इस एप्लीकेशन के लिए एक कैमरा बेहतर इंटरनेट कनेक्शन और जीपीएस युक्त एंड्रायड स्मार्ट फोन जरूरी होगा

पौड़ी जिले के एकेश्वर विकास खण्ड की पवित्रा देवी को भी स्वच्छ शक्ति सम्मान प्रदान किया गया स्वच्छ शक्ति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पौड़ी में बड़ी संख्या में छात्राएं शिक्षिकाएं और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे कार्यक्रम के बाद छात्राओं और शिक्षिकाओं ने स्वच्छता का संकल्प भी लिया

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज राजधानी में ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश को क्वालिटी एजुकेशन हब बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना से प्रदेश के साथ ही देश भर के प्रतिभावान छात्र छात्राएं यहां आएंगे इससे यूनिवर्सिटी के आसपास के क्षेत्रों की आर्थिकी को भी फायदा होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखण्ड को एजुकेशन और टूरिज्म हब बनाना चाहती है इसमें केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है

इनमें स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं उत्तराखण्ड में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी क्वालिटी और रोजगारपरक शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी

मेले में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में किसानों को बताया गया इस अवसर पर किसानों की आजीविका खेती और कृषि उपकरणों से संबंधित विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल भी लगाए मेले में दूर दूराज के गांवों से किसान पहुंचे और उन्होंने अपने घरेलू उत्पादों का भी प्रदर्शन किया मेले में ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे कई स्वयंसेवी महिला संगठनों को भी अपने उत्पाद बेचने का मौका मिला मेले में आई महिलाओं ने कहा कि एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना और किसान मेले से उन्हें कई फायदे हो रहे हैं मेले में वैज्ञानिकों ने किसानों को नई तकनीक की जानकारी भी दी विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने महिलाओं को शोधित बीज मृदा परीक्षण से लेकर कीटनाशक छिड़काव की जानकारी दी जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी का कहना है कि मेले के जरिए कई किसानों को अपने उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है

मेलाधिकारी के मुताबिक मेले की तैयारी को लेकर पूर्णागिरि तहसील में सभी अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी उन्होंने बताया कि मेले में श्रद्वालुओं के लिए बिजली पानी रैनबसेरों शौचालयों पैदल और संपर्क मार्गों की व्यवस्था की जा रही है

पूर्णागिरी मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं स्लग मौसम प्रदेश में मौसम फिर बदल सकता है मौसम विभाग के मुताबिक आज पर्वतीय क्षेत्रों खासकर उत्तरकाशी चमोली रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी हो सकती है वहीं कल गढ़वाल क्षेत्र के कई स्थानों और कुमाऊं में कहीं कहीं बारिश हो सकती है साथ ही साढ़े तीन हजार मीटर और इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की संभावना है कल देहरादून टिहरी पौड़ी नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में ओलावृष्टि या झक्कड़ की भी संभावना जताई गई है पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद पर्वतीय जिलों के कई गांवों में जनजीवन अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है उधर बागेश्वर जिले की पिंडर घाटी में बर्फबारी के बाद रास्ते बंद होने बिजली पानी संचार आदि बाधित होने का संकट बरकरार है